उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस लक्ष्य का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने पूरे देष की अर्थव्यवस्था पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाये जाने का लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि देष का हर पांचवां व्यक्ति उत्तर प्रदेष से है तो देष की अर्थव्यवस्था के विकास में भी उसकी हिस्सेदारी बीस प्रतिषत होनी चाहिये मुख्यमंत्री आज आचार्य नरेन्द्र देव कृशि विष्वविद्यालय कुमारगंज में क्षेत्रीय कार्यषाला के उद्घाटन कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्शो में कृशि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृशि को लेकर जो घोशणा की थी वह आज मूर्त हो रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे हर हाल में पूरा किया जायेगा लखनऊ से दिल्ली जा रही एक रोडवेज बस आज यमुना एक्सप्रेस वे पर पुल की रेलिंग तोड़कर एक गहरे नाले में गिर गयी जिससे उसमें सवार उन्तीस लोगों की मौत हो गयी और बीस लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है यमुना एक्सप्रेस वे पर यह अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के सभी पहलुओं पर जांच के कड़े निर्देष दिये हैं जांच के लिये आगरा के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गयी है जिसे चौबीस घंटे में रिपोर्ट देने को कहा गया है सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को पांच लाख रूपये मुआवजे के रूप में देने की घोशणा भी की गयी है इसके अलावा द्र्घटना में घायल हुये लोगों का इलाज सरकारी खर्च पर कराया जा रहा है उप मुख्यमंत्री दिनेष षर्मा और परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह दुर्घटना के कुछ घंटे बाद मौके पर पहुंचे और वस्तुस्थिति की जानकारी ली सार्वजनिक परिसरों में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सार्वजनिक परिसर से अनधिकृत कब्जा हटाने संबंधी संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया इससे सरकारी आवास में अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को तेजी से हटाने में मदद मिलेगी और बारी का इंतजार कर रहे पात्रता वाले लोगों को आवास आवंटित हो सकेंगे मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस लोकसभा में रखा आज सदन में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस डी एन ए टेक्नॉलोजी इस्तेमाल और प्रयोग पंजीकरण विधेयक दो हजार उन्नीस और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस भी पेश किये गये कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अगले पांच वर्षो में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए आज नई दिल्ली में राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने अपनी प्राथमिकता उत्पादन केन्द्रित योजनाओं के बजाय आय केन्द्रित योजनाओं पर केन्द्रित की है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही रूक रूककर बारिष का सिलसिला जारी है कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्शा की भी खबर है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से मॉनसून अब पूरे प्रदेश में पहंच च्रका है और पिछले चौंबीस घंटों से अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है तराई और पूर्वांचल के जिलों में जमकर बारिश हुई है सिद्धार्थनगर मऊ अयोध्या झांसी वाराणसी और चंदौली जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है मॉनसून के पहुंच जाने से किसानों को धान और दूसरी फसलों की ब्वाई में आसानी होगी जो बारिश न होने की वजह से पिछड़ रही थीं मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के बंद के आहवान को देखते हुए जम्मू से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है सरकारी सूत्रों के अनुसार जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के किसी जत्थे को जाने नहीं दिया जा रहा है सूत्रों के अनुसार बालटाल गांदरबल और नुनवन तथा पहलगाम आधार शिविर में रूके तीर्थयात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है